पांच लाख चौसठ हजार प्रवासी श्रमिक लाए गए

सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ तेरह वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड नाइन्टीन से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के सिलसिले में कई घोषणाए कीं वित्तमंत्री और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने कल नई दिल्ली में आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए नीतिगत और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया जाएगा वित्तमंत्री ने बताया कि आठ क्षेत्रों कोयला खनिज रक्षा उत्पादन नागर विमानन बिजली वितरण कंपनियों अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने बताया कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वचालित रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा उनचास प्रतिशत से बढाकर चौहत्तर प्रतिशत कर दी गई है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके कलपुर्जों की सूची बनाई गई है जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन स्वदेश में ही किया जाएगा वित्त राज्यमंत्री ने राजस्व बंटवारे की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा भी की उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी नागर विमानन क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश में विमानों के रख रखाव मरम्मत और ओवरहॉल के लिए कर ढांचे को और तर्कसंगत बनाएगी अभी तक विमानों को रख रखाव और मरम्मत के लिए विदेशों में भेजना पड़ता था श्रीमती निर्मला सीतारामन ने बताया कि सरकार बिजली वितरण कम्पनियों के लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी जिसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा श्री अनुराग ठाक्र ने एक अन्य बड़े सुधार का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार अस्पतालों जैसी सामाजिक अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित बीस लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के दृष्टिगत राज्य के विभिन्न विभागों की कार्य योजना के सम्बन्ध में समीक्षा की मुख्यमंत्री ने विशेष आर्थिक पैकेज के लिए विभिन्न विभागों को कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किये गए प्रावधानों का शत प्रतिशत लाभ राज्य और यहां की जनता के लिए सुनिश्चित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सृजन आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन पर विशेष जोर दिया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रवासी मजद्रों को ले जा रहे सभी ट्रकों तथा वाहनों को रोक कर सीज किया जाये और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाये मुख्यमंत्री ने मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिलाधिकरियों को बसों आदि समेत आवश्यक प्रबन्ध करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने ओरैया में कल हुई सड़क दुर्घटना का संज्ञान लेने के बाद यह निर्देश दिया उधर इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर छब्बीस हो गई है उपचार के दौरान कल दो और व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हादसे में घायल चौंतीस श्रमिकों का इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा में फतेहपुर सीकरी और मथुरा में कोसीकला के थानाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है उधर औरैया पुलिस ने घटना में शामिल दोनों ट्रकों के मालिकों और चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ट्रकों को सील कर दिया है प्रशासन ने औरैया हादसे में घायल लोगों की जानकारी के लिए हेल्यलाइन नंबर भी जारी किये हैं ये नंबर हैं नौ चार पांच चार चार शून्य दो आठ नौ सात नौ चार एक पांच सात एक चार सात दो एक और शून्य पांच छः आठ तीन दो चार नौ छः छः शून्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चला रही है अब तक साढ़े चार सौ रेलगाड़ियां श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहुंच चुकी हैं इन रेलगाड़ियों से पांच लाख चौसठ हजार प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को राज्य में वापस लाया गया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में संवाददाताओं को बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं उन्होंने बताया कि गुजरात से सर्वाधिक दो सौ तेईस रेलगाड़ियां प्रदेश पहुंची हैं इनसे तीन लाख प्रवासी श्रमिकों को लाया गया है इसके बाद महाराष्ट्र से सत्तानबे रेलगाड़ियों से एक लाख बीस हजार कामगारों पंजाब से अठहत्तर ट्रेनों से नब्बे हजार लोगों को राज्य में वापस लाया गया है श्री अवस्थी ने बताया कि राजस्थान से बारह तेलंगाना से छह केरल से पांच तमिलनाडु से चार और आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गोवा से दो दो रेलगाड़ियां प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रदेश पहंच चुकी हैं श्री अवस्थी ने बताया कि दो सौ छियासी और ट्रेनों से प्रवासी कामगारों को लाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहमति बन गयी है इनसे अगले कुछ दिनों में करीब चार लाख प्रवासी श्रमिक राज्य में वापस आएंगे इन ट्रेनों से आने वाले श्रमिकों के किराये का भुगतान सरकार कर रही है अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि किसानों और कामगारों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाम अंतरण के जरिये वित्तीय सहायता भेजी गई है जिससे बिचौलियों का सफाया हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए ईमानदारी और समग्रता से काम कर रही है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गरीब कामगार और किसान प्राथमिकता हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर राहत दी जा रही है प्रदेश में कोरोना से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर चार हजार दो सौ अट्ठावन हो गई है कल राज्य में दो सौ तीन नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हयी प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है कल दो सौ पचहत्तर लोगों को स्वस्थ हो जाने के बाद प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई राज्य में अब तक दो हजार चार सौ इकतालीस लोग कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं प्रदेश में कल बीमारी से नौ लोगों की मृत्यु हुई जिसके बाद राज्य में कोविड नाइन्टीन से अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर एक सौ चार हो गई है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार सात सौ तेरह है राज्य में कल कोविड नाइन्टीन के सर्वाधिक सत्ताईस मामले मेरठ जिले में मिले अलीगढ़ में उन्नीस संभल में ग्यारह और लखनऊ तथा सहारनपुर में दस दस लोगों में संक्रमण की पुष्टि ह्यी है इसके अलावा जौनपुर में नौ गाजियाबाद लखीमपुर खीरी में आठ आठ बाराबंकी मिर्जापुर हरदोई में सात सात आगरा सुल्तानपुर देवरिया में छः छः गौतमबुद्धनगर मैनपुरी फर्रूखाबाद चन्दौली में पांच पांच फिरोजाबाद जालौन प्रयागराज में चार चार प्रतापगढ़ में तीन भदोही अम्बेडकरनगर अयोध्या कौशाम्बी आजमगढ़ गोरखपुर महराजगंज संतकबीर नगर बस्ती और कानपुर नगर में दो दो लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक क्ल तीस हजार एक सौ तिरपन कोरोना वायरस रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और इस महामारी से ठीक होने की दर पैंतीस दशमलव अट्ठाईस प्रतिशत हो गयी है उन्होंने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले चौबीस घंटों में दो हजार दो सौ तैंतीस रोगी स्वस्थ हुए हैं और तीन हजार नौ सौ सत्तर नये मामले सामने आये हैं जिससे कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या पच्चासी हजार नौ सौ पचास हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में कोरोना बीमारी से एक सौ तीन रोगियों की मृत्यु हुई जिससे देश भर में मृतकों की संख्या दो हजार सात सौ बावन हो गयी है केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कल वेबिनार के जरिए देशभर के रसोई गैस वितरकों और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के डेढ़ हजार से ज्यादा लाभार्थियों से बातचीत की उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने सफलतापूर्वक चार साल पूरे कर लिए हैं जिससे आठ करोड़ से ज्यादा गरीब और उपेक्षित परिवारों के जीवन में सुधार आया है विदेशों में फसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया जो बाईस मई तक चलेगा इस चरण के दौरान खाड़ी क्षेत्र से उन्तालीस उड़ानों की योजना है